कांग्रेस विधायक दीपक सक्सेना आज विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेंगे स्वस्थ भारत यात्रा कल प्रदेश के आगरमालवा जिले में पहॅचेंगी प्रदेश में शीतलहर जारी कई जगह तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक पहॅचा

पीएम भेंटवार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में राममंदिर के निर्माण पर अध्यादेश लाने का फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकता है एक समाचार एजेंसी के साथ भेंट के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मामले पर फैसले के रास्ते में रोड़े अटका रही है किसानों के कर्ज माफ किए जाने के बारे में एक सवाल के उत्तर में श्री मोदी ने कहा कि ऋण की समस्या का यह आदर्श समाधान नहीं है उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो साहकारों से पैसा उधार लेते हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने वादे के अनुसार उनके सभी कर्ज माफ नहीं किए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है

प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग के लोगों के फायदे के लिए उठाए गये कदमों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और मुद्रा योजना की शुरूआत की गई है कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस विधायक दीपक सक्सेना आज प्रदेश विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार आज राजभवन में आयोजित समारोह में वे शपथ ग्रहण करेंगे गौरतलब है कि प्रदेश में नई सरकार चुने जाने के बाद विधानसभा का पहला सत्र सात जनवरी से शुरू होने वाला है बिजली मांग राज्य में बिजली की मांग कल नए साल के पहले दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहंच गयी एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक संजय कुमार शुक्ल ने दावा किया है कि प्रदेष में बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति की गयी

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने इस उपलब्धि के लिए सभी राज्यों को बधाई दी है जल अभाव प्रदेश के उमरिया जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया गया है लगातार दो वर्षो से अल्प वर्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है इसके अंतर्गत अब जल स्त्रोतों से पीने के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए पानी लेने पर रोक लगा दी गई है इसके अलावा नये निजी हेडपंप और नलकूप खनन पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है

खाद्य सुरक्षा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में इस यात्रा की जिम्मेदारी ली गई है सात जनवरी तक ये यात्रा आगरमलावा जिले में ही रहेगी और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को दैनिक रूप से लिये जाने वाले आहार के प्रति जागरूक करेगी जिले के तनोडिया गॉव से यात्रा का प्रवेश होगा तीन और चार जनवरी को जिला मुख्यालय पर विभिन्न जागरूकता गतिविधिया आयोजित की जायेंगी और पांच जनवरी को आमला सुसनेर होते हुए ये यात्रा सोयतकला पहॅचेंगी दो दिन की गतिविधियों के बाद यात्रा राजस्थान के झालावाड़ की ओर प्रस्थान करेगी वंदेमातरम प्रदेश भाजपा ने कल महीने के पहले दिन मंत्रालय के सामने सामूहिक वंदेमातरम गायन आयोजित न किये जाने को लेकर सवाल उठाया है प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्या इस संबंध में उन्होंने कोई आदेश जारी किये हैं वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा है कि वंदेमातरम न सिर्फ राष्ट्रगीत है बल्कि आजादी की लड़ाई का भी प्रतीक गीत है प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अभय दुबे ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस मुख्यालयों में भी वंदेमातरम गाया जाता है उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर भ्रामक प्रचार कर रही है राजस्व मामले राजस्व मामलों के निराकरण के लिए प्रदेश में कल से विशेष अभियान शुरू किया गया है

एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र में अभियान के दौरान ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करेंगे खेल बैठक खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जायेगा उन्होंने कल टीटी नगर स्टेडियम में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हए कहा कि खेलों का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इसके लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी उन्होंने प्रदेश के जिलों से आए जिला खेल अधिकारियों से चर्चा की और खेलों के विकास में पर आ रही कठिनाईयों की जानकारी हासिल की संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एस एल थाउसेन ने बैठक में खेल मंत्री को खेल गतिविधियों और विभागीय उपलब्धियों से अवगत कराया

आज सेमीफायनल में उसका मुकाबला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से होगा वहीं प्रतियोगिता का पहला सेमीफायनल वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के बीच खेला जायेगा मौसम पिछले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के रीवा शहडोल जबलपुर सागर ग्वालियर और होशंगाबाद संभागों में शीतलहर का प्रभाव रहा सबसे कम न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस उमरिया मण्डला और नौगांव में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा सीधी सिंगरौली छिंदवाड़ा मण्डला बालाघाट छतरपुर बैतूल दतिया ग्वालियर भिण्ड और मुरैना जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है

नीमच बुरहानपुर विदिशा धार देवास और इन्दौर के जिला प्रशासन द्वारा तहसीलदारों को नुकसान के सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है कृषि विभाग ने भी आरंभिक सर्वे में चना मसूर मटर अरहर और उद्यानिकी फसलों को नुकसान का आंकलन किया है

शिवपुरी से जलीय जीव विशेषज्ञ मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं

खंडवा जिले में आज यूरिया खाद की एक रेक और पहॅचेंगी